उन्होंने कहा कि जो इस देश में पैदा हुआ है उन्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए इस कानून को लेकर जितने भी भ्रम पैदा किये गये है उन्हें दूर करने और जनता तक साच पहंचाने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे श्री चौहान ने कहा कि इसके लिए जिला स्तरीय रैलियां निकाली जायेंगीं घर घर संपर्क किया जायेगा और बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे श्री सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संसद में हई बहस में भाग नहीं लेने पर सवाल किया उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है श्री चौहान ने कहा कि भाजपा किसी के साथ भेदभाव में विश्वास नहीं रखती है

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणा के आधार पर संसद में कानून पेश किया है

सांसद जोशी आज जनसुनवाई केन्द्र में लोगों से बिजली राजस्व पुलिस सड़क और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे इधर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन जारी हैं

आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है श्री बेनीवाल ने आज विधायक पूखराज गर्ग को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया उन्होंने कहा कि एलजेपी पूरे दमखम के साथ पंचायत चुनाव में हिस्सा लेगी

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

इस दौरान बताया गया कि यमन में अच्छी बारिश होने के कारण टिड्डी डाक अदन की खाड़ी एवं लाल सागर से होते हुए भारत आ गए हैं आमतौर पर टिड्डी सर्दी के मौसम में अंडे देने के लिए अदन की खाड़ी के आसपास बसे अफ्रीकी देशों में जाती है लेकिन दो सप्ताह पहले आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा बदलने से पाकिस्तान में मौजूद टिड्डी दल भारत आ गए हैं

जिला प्रशासन ने टिड्डी नियंत्रण दल को इतला दी जिसके बाद मौके पर बचाव दल पहुंच रहे हैं

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए वे आज बांसवाड़ा में गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के पहले दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित कर रहे थे

एक ट्वीट संदेश के माध्यम से उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं हम उनकी मेहनत के ऋणी हैं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर प्रदेश में आज कई कार्यक्रम हुए अनेक स्थानों पर कृषक सम्मान समारोह रैली और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया

उन्होंने नाथद्वारा की धायला ग्राम पंचायत के धायला मकाडा किचोली पलावल और खमनोर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उदघाटन किया श्री जोशी ने धायला रोड खमनोर में गौरव पथ निर्माण और एक आंगनबाडी केन्द्र का भी शुभारंभ किया

पशुपालन विभाग ने ये केन्द्र अक्कासर और भाणेका गांव में शुरू करने की स्वीकृति जारी की है उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि कोलायत राज्य के सर्वाधिक पशु बहुलता वाले क्षेत्रों में आता है यहां उप केन्द्र खोलने से पशुपालकों को बहत फायदा होगा

सिरोही जिले के माउंटआबू में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं